आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने पर दिया बल हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाया जा रहा है रौशनी का पर्व दीपावली हरित दीपावली की तरफ बढ़ा लोगों का रूझान

उन्होंने बेटियों का सम्मान कर भारत की नारी शक्ति और उनकी उपथ्यियों को सम्मान देने की बात कही है आज आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने दीपावली के पर्व पर भारत की लक्ष्मी नामक कार्यक्रम की शुरूआत पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि पूरे देश में इसका भरपूर स्वागत हुआ है

उन्होंने दीवाली के दौरान लोगों से स्थानीय उत्पाद खरीदने की अपील की

प्रधानमंत्री ने पर्व पर्यटन यानी फेस्टिवल टूरिज्म के विचार पर जोर देते हुए कहा कि हमें अपने त्यौहारों को लोकप्रिय बनाने का प्रयास करना चाहिए उन्होंने कहा कि पर्व पर्यटन को बढ़ाने में देश के बाहर रहने वाले भारतीयों की अहम भूमिका है

उन्होंने कहा कि सरदार पटेल में लोगों को एक सूत्र में बांघने और वैचारिक स्तर पर असहमत लोगों के साथ संतुलन बनाकर चलने का दुर्लभ गुण था

लोगों ने एक दूसरे को मिठाईयां तोहफे व पारंपरिक व्यंजन देकर दीपावली की शुभकामनाएं दीं

लोगों ने अपने घरों को विशेष रूप से सजाया है और प्रदेशभर में पारंपरिक व्यंजन बनाकर दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है बाज़ारों में आज खूब चहल पहल रही और लोगों ने मिठाईयों खिलौनों और तोहफों की जमकर खरीददारी की बच्चों व युवाओं में पटाखे खरीदने को लेकर भी भारी उत्साह देखा गया हालांकि विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं ने लोगों से दीपावली पर्व पर पटाखों का उपयोग ना करने या कम से कम करने की अपील की है ताकि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके

सेना दिवाली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा पर तैनात सेना के जवानों के साथ दीपावली मनाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत उनके साथ मौजूद रहे

प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व की सबसे ऊंची रणभूमि सियाचीन में भारतीय जवान न केवल सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं बल्कि वे स्वच्छ सियाचीन अभियान भी चला रहे हैं

इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पहली बार ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि किसी भी अप्रीय घटना को रोका जा सके पुलिस अधीक्षक ने मेले के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों से सहयोग की अपील की है